इस चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा

विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं माया योगी रोक च्नाव आयोग ने बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के कारण चुनाव प्रचार से रोक दिया है

इस दौरान इन दोनों नेताओं के प्रचार जनसभाएं रोड शो मीडिया के सामने बयान और साक्षात्कार पर भी रोक रहेगी गौरतलब है कि बढ़ती विवादास्पद बयानबाजी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि इन दोनों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना था कि वह निर्वाचन आयोग के इस तर्क पर विचार करेगी कि उसके पास चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिज्ञों के घृणा भाषणों से निपटने के सीमित कानूनी अधिकार हैं न्या्यालय ने इस बारे में आयोग के प्रतिनिधि को कल पेश होने को कहा है मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किये जा रहे हैं इसी कम में कल उमरिया जिले में लोगों को अधिकाधिक मतदान हेतु प्रेरित करने के उद्वेश्य से कोई मतदाता छुट न जाए नामक कार्यकम चलाया गया अभियान के अंतर्गत जिले के सुदुर गांवों और मझरे टोलो में जनसंवाद कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं शिवपुरी जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है सतना में कल स्वच्छता के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में कल मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई जिसे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उधर खंडवा जिले में मतदाताओं को वीवीपैट और ईवीएम के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है बालाघाट में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के मकसद से वृद्वजनों दिव्यांगजनों के लिए केरम और कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के हर मतदान केन्द्र पर तीस अप्रैल को मतदान की शपथ दिलाई जायेंगी

इस बार छिन्दवाड़ा बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट के मुद्दे और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जायेगी

स्टेट ऑइकॉन फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन को प्रदेश में मतदाता जागरूकता और स्वीप गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिये स्टेट ऑइकॉन बनाया गया है आर्यन ग्वालियर के रहने वाले हैं इसके पहले अभिनेता गोविंद नामदेव गायक पलक मुछाल और देशना जैन को भी स्टेट ऑइकॉन बनाया गया है

सुबह से लेकर दोपहर तक जहां भीषण गरमी पड़ रही थी वहीं शाम होते होते आसमान में बादल घीर आये और ब्रंदाबांदी के साथ ठण्डी हवाएं चलने लगी तेज हवा चलने से कुछ फसलें प्रभावित हुई हैं वहीं आम पर आये बौर और कैरियां भी समय से पहले काफी तादाद में झड़ गई

आज दोपहर बाद राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाये हुए हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई

हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया कि जिले में दोपहर बाद धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को गरमी से हल्की राहत महसूस हुई वहीं होशंगाबाद छिंदवाड़ा शाजापुर खरगोन और गुना जिले में लू का प्रभाव बना रहा वहीं ग्वालियर भोपाल और होशंगाबाद सागर दमोह नरसिंहपुर जबलपुर छिंदवाड़ा सिवनी और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है दूसरी ओर मौसम विभाग ने किसानों के लिए एक अच्छी खबर दी है कि इस वर्ष मॉनसून में सामान्य वर्षा होने की संभावना है

उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर भागों में सामान्य वर्षा होने की संभावना है

विराट कोहली को टीम का कप्तान बनाया गया है वहीं दूसरे विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को शामिल किया गया इसके अलावा तमिलनाड् के ऑलराउण्डर विजयशंकर को भी टीम में शामिल किया गया है

चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद ने आज मुम्बई में खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की टीम में रोहित शर्मा को उप कप्तान बनाया गया है टीम के अन्य सदस्य हैं शिखर धवन लोकेश राहुल विजयशंकर महेन्द्रसिंह धोनी केदार जाधव दिनेश कार्तिक युजवेन्द्र चहल कुलदीप यादव भुवनेश्वर कुमार जसप्रीत बुमराह हार्दिक पाण्डया रविन्द्र जड़ेजा और मोहम्मद शमी

इस दौरान स्कूली बच्चों के लिये पेंटिंग भाषण सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी